आकाशवाणी से लोकसभा चुनाव पर आपका वोट आपकी सरकार श्रृंखला का प्रसारण आज से

इस चरण में दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा इनमें आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के लातुर में जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जो जम्मू कश्मीर के लिये अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं देश को नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त कराना उनका मुख्य उद्देश्य है वहीं मध्यप्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिये आज नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन उम्मीद्वारों द्वारा पर्चे भरे गये

वहीं उनके पुत्र नकुल नाथ ने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा से नामांकन भरा इसके पहले कमलनाथ और नकुलनाथ ने पूजा अर्चना की नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान दोनों नेताओं ने रोड़ शो किया

सरकार ने इस दौरान कई विकास योजनाएं प्रारम्भ की हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्होंने कहा कि आयकर के छापे मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है जिससे कुछ भी हासिल नहीं होगा उधर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हिमाद्रि सिंह ने आज शहडोल लोकसभा के लिये नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक सभा को संबोधित किया सतना लोकसभा के लिये नाम निर्देशन पत्र कल से प्राप्त किये जायेंगे इसके लिये कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया सावधानी पूर्वक अपनाने के निर्देश दिये हैं वहीं जबलपुर लोकसभा के लिये दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी

नाम वापसी की सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीद्वारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा

इसी मामले में जबलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है भाजपा प्रत्याशी श्री सिंह कल अपना नामांकन दाखिल करने रैली के तौर पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे वहीं भोपाल में प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के खिलाफ भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है स्थापना दिवस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का आज देशभर में स्थापना दिवस मनाया गया भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार दिये जाने के लिये एनएसयूआई का गठन किया पहचान पत्र मतदान के लिये पहचान के एक मात्र दस्तावेज के रूप में केवल फोटो मतदाता पर्चियां मान्य नहीं होंगी भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी डाक्टर सुदाम खाडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता को ईपिक प्रस्तुत करना होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिये केवल अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा

इसमें स्थानीय भाजपा विधायक भीमा मंडावी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई विधायक की सुरक्षा में तैनात चार जवान भी शहीद हो गए यह हमला मंगलवार दोपहर नकुलनार से करीब दो किलोमीटर दूर शाम गिरी के पास हुआ डीआईजी पी सुन्दरराज ने बताया नक्सली हमला उस समय हुआ जब विधायक मंडावी चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे आयकर चुनौती मुख्यमंत्री कमलनाथ के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रवीण कक्कड़ और उनके पुत्र पर पड़े आयकर छापों को लेकर आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ में एक याचिका लगाई गई

याचिका कर्ता प्रवीण कक्कड़ ने आयकर विभाग की कार्यवाही पर चुनौती दी है वन दबिश आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही की जद में आये हाई प्रोफाइल कारोबारी अश्विन शर्मा के ठिकानों पर आज वन विभाग की एक टीम ने दबीश दी और वन्य प्राणियों की खाल और उनके अवशेष से बनी ट्राफियां बरामद की हैं मुख्य वन संरक्षक भोपाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जानकारी मिलने पर वन विभाग का दल अश्विन शर्मा के घर पहुंचा यहां से वन्य प्राणियों के सीर से बनी ट्राफियां और काले हिरण सहित अन्य हिरणों की खाले और एक अन्य वन्य जीव की खाल बरामद की है उन्होंने बताया कि इस मामले में दस्तावेज देखने के बाद ही अश्विन शर्मा के खिलाफ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी चुनाव श्रृंखला आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से विशेष चुनाव कार्यक्रमों की श्रंखला आपका वोट आपकी सरकार शुरू कर रहा है

आज कार्यक्रम में सीधी शहडोल और जबलपुर लोकसभा क्षेत्र की जानकारी दी जाएगी इस श्रृंखला का प्रसारण इस माह के हर मंगलवार को होगा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रूचीवर्धन मिश्र ने पत्रकारों को बताया कि पलासिया थाना क्षेत्र में एक प्लास्टिक की द्वकान पर दबीश दी गई और नकली नोट छापने के आरोपी गिरफ्तार किये गय इस मौके पर दो हजार पांच सौ दो सौ सौ और पचास रूपये के नकली नोट बरामद किये हैं पुलिस मामले की जांच कर रही है

बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पूर्व चंबल नहर से कोतवाल बांध के लिये तीन सौ क्यूसेक पानी तेज रफ्तार से छोड़ा गया था जिसके कारण इस नैरोगेज रेलवे पुल के पिलर के नीचे से सीमेंट कंक्रीट बह गई पानी के बहाव के कारण पुल में लगे पिलर के नीचे बड़ी दरार बन गई

ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में धार्मिक आयोजन किये जा रहे हैं

वे भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज बताये जा रहे हैं